स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अड्डारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत क्मार दास असम गण परिषद के अत्ल बोरा कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंता वरिष्ठ भाजपा नेताओं चन्द्रमोहन पटवारी परिमल श्क्लबैदय और पीयूष हजारिका को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई

इनमें भाजपा विधायक बिमल बोरा अशोक सिंघल और रान्ज पेग् शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर राज्यों के कई म्ख्यमंत्री और पूर्व म्ख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने असम के नए म्ख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को बधाई दी है इधर असम के म्ख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य के उग्रवादी ग्टों से हिंसा छोडने की अपील की है शपथ लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री सरमा ने उल्फा नेता परेश बरूआ से म्ख्य धारा में लौट आने का अन्रोध किया है उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सरकार की पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक कल होगी श्री सरमा ने कहा कि उनकी सरकार च्नावी वायदों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी

इस दौरान राजधानी क्षेत्र के सभी कार्यालय और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंध है हालाकि आवश्यक और आपातसेवाओ को कंटेंनमेंट प्रतिबंधों से अलग रखा गया है कोविड टीका लगवाने के लिए लोगो को वैध आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के आधार पर टीकाकरण केंद्र पर जाने की अन्मति दी जा रही है नाहरलग्न निरज्ली बंदरदेवा के अलावा पाप्मपारे जिले के दोईम्ख में आज से श्रु हए लॉकडाउन का पालन स्निश्चित कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कर्मी जगह जगह तैनात है

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर एक हजार नौ सौ तैतीस रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर नब्बे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है रविवार को राज्यभर से कोविड जांच के लिए दो हजार दो सौ इकतीस सैंपल एकत्र किए गए राज्य में कोरोना के आए नए मामलो में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक अड़सठ चांगलांग से तेरह लोअर दिबांग वैली और पाप्मपारे से आठ आठ तवांग से सात लोहित से पांच लोअर स्बनसिरी और नामसाई से तीन तीन अंजाव से दो वेस्ट कामेंग और दिबांग वैली जिले से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से इकहत्तर लोअर दिबांग वैली से तैतालीस वेस्ट कामेंग से उन्नीस चांगलांग से पंद्रह पाप्मपारे से ग्यारह तवांग और लोहित से छह छह ईस्ट सियांग से पांच लोअर स्बनसिरी से चार वेस्ट सियांग से तीन पाक्के केसांग से दो अपर सियांग अपर स्बनसिरी और लोअर सियांग जिले से एक एक रोगी शामिल है

जिला चिकित्सा अधिकारी कालिंग दाई ने बताया कि जिले में मतदाता सूची के आधार पर अड्डारह से चौवालीस आय् वर्ग के करीब चौवालीस हजार मतदाता है उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी लोगो को कोविड का टीका लगाने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और राज्य सरकार से वैक्सीन प्राप्त होते ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरु हो जाएगा श्री दाई ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण स्चारु रुप से चल रहा है

उन्होंने अधिकारियों से सरकार द्वारा जारी कोविड एस ओ पी का सख्ती से पालन कराने को कहा इधर राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों का योगदान जारी है श्रीमती प्रीती सिंह ने आज तवांग के जिला उपाय्क्त और जिला चिकित्सा अधिकारी को कोविड प्रबंधन के लिए पच्चीस हजार रुपये का दान दिया

जिला प्रशासन की तरफ से ई ए सी दात्ग गादी ने इन सभी कारपोरेट्स को आत्मनिर्भर सीड्स दिया